केन्द्रीय राज्य मंत्री वित्त विभाग अन्राग ठाक्र ने कहा है करदाताओं का आधार बढ़ गया है तथा कर संग्रहण में आठ प्रतिशत की वृदवि अर्थव्यवसथा में लगातार सुधार का संकेत है चंडीगढ़ में विभिन्न व्यापारियों तथा उद्योगों के हिस्सेदारों पीएचडी चैम्बर आफ कोमर्स तथा सी ए एसोसिएशन व बार एसोसिएशन के सदस्यों के बातचीत के बाद पत्रकारों को बातचीत के बाद पत्रकारों से सम्बोधित करते हये अन्राग ठाकूर ने कहा कि सबका विश्वास की सफलता के बाद सरकार विवाद से विश्वास योजना श्रू कर रही है

उन्होंने कहा कि बैकिंग क्षेत्र बड़े सुधार किये गये है तथा बैंकों का विलय हो गया है और अब बैंकों के पास उधार देने के लिए पैसा मौजूद है

उन्होंने कहा कि राजकोषीय अन्शासन के साथ देश की अर्थव्यवस्था सही दिश मे जा रही है उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब तीसरे स्थान पर आने का लक्ष्य है

ग़हमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत देश की आंतरिक शांति भंग करने की कोशिश् में लगे लोगों और अपनी धरती पर घ्सपैठ की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगा कोलकाता में राष्ट्रीय स्रक्षा गार्डएनएसजी के नये परिसर का उदघाटन करते हये श्री शाह ने कहा कि भारत विश्व मे शांति चाहता है और उसका इरादा किसी पर हमला करने का नहीं है लेकिन अगर कोई इस शांतिपूर्ण माहौल का खराब करना चाहता है तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है

स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुडान ने इस बीमारी सम्बधी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में किये गये प्रबंधों की समीक्षा की और राज्यों को निर्देश दिये कि वो राज्यों के हवाई अड़डों पर स्वासथ्य कर्मचारी और चेक पोस्ट पर स्वासथ्य जांच करने वाले अधिकारियों में बढ़ोतरी करें

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत आयुषमान भारत के तहत समग्र देशवासियों का स्वास्थ्य प्रति ध्यान रखने की ओर अग्रसर है

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए यह नुकसान असहनीय है और सरकार तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाए और किसानों की मदद करें प्रदेश के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने रेवाड़ी के खोल क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बेमौसमी बारिश तथा आलोवृष्ठि से प्रभावित फसलों का जायजा लेने के लिए निरीक्षण् किया तथा किसानों से बातचीत की मौके पर मौजूद उप मंडल अधिकारी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसान के प्रत्येक खेत की गिरदावरी तुरंत करवाई जाये उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानो के हितों के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर न्कसान की सही जानकारी दे एवं तीन दिन के अंदर अंदर कृषि विभाग में फसलों के न्कसान की भरपाई के लिए आवेदन करें पलवल में बारिश से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है तेज़ आधी तूफान के चलते खेतों में गेहं की फसल ज़मीन पर लेट गई जिसके चलते फसल के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ेगा

गांव में साढ़े तीन करोड़ रूपये की लागत से बने सामूदायिक केन्द्रो का उदघाटन् करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यो के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी गांव काछवा प्ंडरक डबरी और अन्य गांवों में बनाये गये इन सामुदायिक केन्द्रों का प्रयोग को विवाह शादी कराने तथा धार्मिक कार्यो के आयोजन के लिए होगा उपम्ख्यमंत्री द्वयष्त चौटाला ने यमुनानगर जिले के लोहगढ़ स्थित ग्रूदवारा में आयोहित समागम में अपने सम्बोधन में कहा कि युवा पीढ़ी को अपने इतिहास की जानकारी होना जरूरी है उन्होंने कहा कि वीर बंदा बहादर जी ने यहां पर सिक्ख राज्य की पहली राजधानी बनाई थी

इस अवसर पर एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि हायर एज्केशन डिपार्टमेंट दवारा हर खेल की प्रतियोगिता करवाई जा रही है उन्होंने कहा कि खिलाड़ी शरीर व दिमाग से फिट होगा और अपने समाज व देश के प्रति जिम्मेवारी को सही से निभाता है प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों ने अपनी अपनी शिकायते गृहमंत्री अनिल विज के समक्ष अम्बाला के जनता दरबार में रखी गृहमंत्री ने कहा कि लोगों की शिकायतों का समयावधि के तहत निपटान हो रहा है जनता दरबार में झज्जर जिला गांव द्बलधन निवासी नरेश कुमार ने गांव के सरपंच दवारा पंचायती ज़मीन पर खड़े हरे भरे पेड़ कटवाने व मनरेगा में घोटाला करने बारे अपनी शिकायत रखी मंत्री ने कार्यवाही का आश्वासन दिया केन्द्र सरकार ने महिलाओं की स्कूली शिक्षा और उनकों सशक्त बनाने के लिए अनेक कदम उठाये है केन्द्र सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लड़कियों को शिक्षा देने के लिये पिछले पांच वर्षो में अनेक कदम उठाये है आगामी रविवार आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है